दूध और दूध से बने पदार्थों की शुद्वता सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा आज से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू

केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में संवाददताओं को बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को पांच किलो गेहं या चावल और प्रत्येक परिवार के लिए एक किलो चना मुफ्त दिया जाता है

श्री जावडेकर ने बताया कि इसके साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री उज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा तीन मुफ्त गैस सिलेण्डर लेने की समय सीमा बढ़ा दी है

सरकार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए योगदान देगी मंत्रिमण्डल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उप योजना के रूप में गरीबों और शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है

श्री भास्कर ने बताया कि लॉकडाउन के कारण राज्य की मंडियों में श्रमिकों की भारी कमी हो गई थी ऐसे में निगम द्वारा पंजाब और हरियाणा से श्रमिक बुलाकर खरीद प्रक्रिया को संपन्न कराया गया

शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज अजमेर में बोर्ड कार्यालय में परिणाम जारी किया

श्री डोटासरा ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक कोई भी स्कूल फीस जमा कराने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं बना सकेगा उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल के कारण स्कूल खुलने में होने वाली देरी को देखते हुए बोर्ड के पाठ्यक्रम में कटौती के लिए विभिन्न वर्गो से चर्चा कर फैसला किया जाएगा उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम को लेकर उठे विवाद को देखते हुए इस सत्र में एनसीआरटी का पाठयक्रम लागू कर दिया गया है

इस बीच प्रतापगढ़ जिला जेल में संक्रमण के ताजा मामले सामने आने के बाद राज्य में जेलों का काम देख रहे पुलिस महानिदेशक बीएल सोनी ने आज जिला जेल का दौरा कर आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए श्री सोनी ने वहां से बिल्कल स्वस्थ कैदियों को छोटी सादडी जेल भेजने के निर्देश दिए

झालावाड़ जिला कलेक्टर ने इस बीच स्टेशन पर यात्री गाड़ियों से उतरने वाले लोगों के रैण्डम नमूने लेने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए है

अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि आज देर रात तक क्षैत से दो और युक्रेन सउदी अरब और दोहा से एक फ्लाइट से विदेशों में फंसे प्रवासी राजस्थानी जयपुर पहंच जाएगे

संकट की इस घड़ी में हर गरीब किसान को सहकारिता से जोड़कर इस नारे को यथार्थ रूप से धरातल पर उतारने की जरूरत है श्री गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी उदयपुर सेन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उदयपुर के प्रतापनगर में नवनिर्मित प्रधान कार्यालय और शाखा भवन तथा सहकार भवन चंदेरिया चित्तौडगढ़ के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के बाद सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाते हुए इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत है

श्री पूनिया ने भी आज मीडिया से बातचीत में कहा कि सारी घटनाएं सदन के बाहर हुई इसलिए ऐसा कोई मामला बनता नहीं है लेकिन फिर भी विधानसभा अध्यक्ष को फैसला करना है प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ ने एक बयान जारी कर कहा कि श्री प्रनिया के बयान को तोड़ मरोडकर प्रस्तुत किया गया है सारे कानूनी पहलुओं की जांच करने पर सभी बातें स्पष्ट हो जायेंगी प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चन्द कटारिया ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का बयान विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता

अभियान के दौरान व्यापक स्तर पर डेयरी पदार्थो के नमने लेकर जांच की जाएगी चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है उन्होंने बताया कि अभियान के अन्तर्गत नमूनों से जुड़ी सूचना एफएसआई के एप पर भी दी जाएगी

जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने आज राणा पृंजा स्मारक और मचीन्द के विकास के बारे में बैठक की

हमारे राजसमंद संवाददाता ने बताया कि यह केन्द्र बन जाने से मचीन्द में सैलानियों की संख्या में बढोतरी होगी

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया

करोली और झालावाड़ जिले में बारिश होने के बाद किसान फसलों की बुआई की तैयारी में लग गए है अलवर में निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया अजमेर में भी दिनभर की उमस के बाद शाम को बारिश हई है इस बीच मौसम विभाग ने आज भरतपुर संभाग के उतरी भागों में एक दो जगह भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है विभाग ने कहा है कि मानूसन रेखा के अब हिमालय की तरफ उत्तर दिशा में खिसकने के कारण राज्य में अगले चार पांच दिन में वर्षा में कमी आएगी